इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस पुल के निर्माण से प्रताप नगर की जनता के लिए विकास का दरवाजा खुल गया है और भविष्य में यह खुशहाली और समृद्धि का स्रोत बनेगा उन्होंने कहा कि टिहरी झील जहां पूरी दनिया को आकर्षित करने की क्षमता रखती है वहीं डोबरा चांठी पुल के बनने से यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए और भी अधिक आकर्षण का केंद्र बनेगा इस अवसर पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी

अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा

कोरोना महामारी को देखते हुए हज के दौरान भारत और सऊदी अरब में यात्रियों के ठहरने आने जाने स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं के बारे में इस बार कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं हज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि इस वर्ष दस दिसम्बर है लोग ऑन लाइन ऑफ लाइन तथा हज मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं

श्री नकवी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हज के लिए आय सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है हज के लिए रवाना होने के स्थानों को घटाकर दस कर दिया गया है ये स्थान हैं अहमदाबाद बेंगलूरू कोच्चि दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद कोलकाता लखनऊ मुंबई और श्रीनगर श्री नकवी ने कहा कि बिना मेहरम के जाने वाली महिलाए हज के लिए आवेदन कर सकती हैं उन्होंने कहा कि बिना मेहरम श्रेणी वाली महिलाओं को लॉटरी व्यवस्था से छूट दी गई है माउंटेन टैरेन बाइकिंग रैली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा आयोजित माउंटेन टैरेन बाइकिंग रैली का फ्लैग ऑफ कर शुभारम्भ किया

प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक अलग से विभाग भी बनाने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि देहरादून से जॉर्ज एवरेस्ट तक की यह साइकिल रैली एक साहसिक यात्रा एडवेंचर से भरपूर होगी

मुख्यमंत्री ने यह बात आज देहरादून के डोईवाला में शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय में महाविद्यालयों और विश्व विद्यालयों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के श्भारम्भ के दौरान कही उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और इस सुविधा के माध्यम से छात्र छात्राएं आसानी से अन्य विद्वानों से भी सम्पर्क कर ज्ञान अर्जित कर सकेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि युवा आत्मनिर्मर बने और वह सिर्फ स्वयं रोजगार प्राप्त करने के लायक नहीं बल्कि अन्य लोगों को रोजगार देने के लायक भी बने

राज्यपाल शुभकामनाएं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदेश वासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के सभी ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया है

प्रदेश का प्रदर्शन देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी अच्छा है लेकिन अभी भी बहत कृछ किया जाना बाकी है उन्होंने राज्य निर्माण में महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ ही अर्थ व्यवस्था और सामाजिक समुद्धि का मूल आधार हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं के समग्र कल्याण और सशक्तीकरण हेतु हर संभव कदम उठाने होंगे

राज्य स्थापना दिवस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य की समृद्वि और तरक्की की कामना की है उन्होंने राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी श्रद्वापूर्वक नमन किया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सहित अन्य लोगों ने भी राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है